उन्होंने कहा कि हर भारतीय का संकल्प और नियम का पालन इस संकट से निपटने में सहायक होगा प्रधानमंत्री ने लोगों को हो रही दिक्कतों के लिए क्षमायाचना करते हुए कहा कि भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश के पास कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए पूर्णबंदी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें गरीबों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाना होगा ताकि संकट की इस घड़ी में कोई भी गरीब भूखा न रहे प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के संदिग्ध लोगों या क्वारंटाइन में रखे जा रहे लोगों के प्रति बुरा बर्ताव करने के मामलों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे कारगर तरीका परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखना है लेकिन साथ ही ये भी समझना होगा कि हम सामाजिक संपर्क खत्म न करें प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में देशवासी अपने देश के विकास के लिए सारी दीवारों को तोड़कर आगे आएंगे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने राज्य के भीतर और बाहर फंसे प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि वाहनों की आवाजाही पर रोक के कारण जहां हैं वहीं बने रहें उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले और बाहरी राज्य से आए लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखी जाए उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान के काम में पंचायती राज संस्थाओं की सहायता ली जाए उन्होंने कहा कि जो लोग पहले ही प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थापित क्वारंटाइन केन्द्रों में रखा जाए मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि जो लोग विभिन्न स्थानों पर फंसे हैं उनके लिए भोजन और ठहरने की उचित व्यवस्था की जाए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन लोगों की हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली और चण्डीगढ़ में फंसे हिमाचलियों की सुविधा के लिए हिमाचल भवनों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं जहां इनके भोजन और ठहरने की सुविधा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे प्रदेश के मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने उपायुक्तों से कहा कि एक जिले से दूसरे जिले और बाहरी राज्यों से आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए इसके अलावा श्रमिकों और अन्य राज्यों के कर्मियों को भी प्रदेश के बाहर जाने के लिए न कहा जाए और उन्हें शिविरों में रखा जाए भाजपा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आह्वान पर कर्फ्यू के दौरान भारतीय जनता पार्टी गरीबों ज़रूरतमंदों और श्रमिकों को खानपान दवाईयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के प्रबंध में जुट गई है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्यभर में राशन दूध सब्जियां फल दवाईयां और घरेलू गैस सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुनिश्चित बना रही है

सिरमौर व्यवस्था ज़िला सिरमौर में क्वरंटाइन के लिए कालाअंब और पांवटा साहिब में एक एक हज़ार बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी

ये बात सिरमौर के उपायुक्त आरके परूथी ने नाहन में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कही

चम्बा व्यवस्था इस बीच ज़िला चम्बा में बाहर से आने वाले लोगों के लिए सीमा पर बफर क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है ज़िला उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया कि ये व्यवस्था ज़िले के प्रवेश द्वार तुन्नुहट्टी लाहडू और हटली में की गई है

किन्नौर डीसी ज़िला किन्नौर में विभिन्न कार्यों में लगे प्रवासी मजदूरों और प्रदेश के विभिन्न भागों से ज़िले में काम करने आए मजदूरों के खानपान और ठहरने का प्रबंध प्रशासन की ओर से किया जा रहा है जिला दण्डाधिकारी गोपाल चंद ने ये जानकारी देते हुए बताया कि उपमण्डल अधिकारियों और पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं कि ज़िले से बाहर जाने वाले प्रवासी मजदूरों को ज़िला न छोड़ने के लिए समझाएं ताकि देशव्यापी कर्फ्यू का मकसद पूरा हो सके